इस दौरे में उनके साथ प्रम्ख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुक्न्द नरवणे भी रहे उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहाद्री दिखाई है उसका संदेश पूरी द्रनिया को गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है

उन्होने कहा कि इस देश के शत्रओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्जवल्लित की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माता दोनों का सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री ने इस दौरान लेह के अस्पताल में जवानों का हौसला भी बढ़ाया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि रिफॉर्मस को लेकर जो कार्य हो रहे हैं उसमें राज्यों से भी परामर्श किया जाये मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय राज्यमंत्री को जानकारी दी कि राज्य ने सोलर फार्मिंग की नई योजना लागू की है इस दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि कोविड के कारण ऊर्जा के क्षेत्र में हए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार दवारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं इस ओर केन्द्र राज्यों की हरसम्भव मदद करेगा

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर देव्रत रॉय की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य सरकार को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायेगी

इसके साथ ही यह समिति इस संबंध में देश द्रनिया में प्रकाशित किए गए अध्ययनों का विश्लेषण कर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर अपने सुझाव राज्य सरकार को देगी

मुख्यमंत्री बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सतर्कता अधिष्ठान को ट्रैप एवं अन्वेषण सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि ट्रैपिंग सिस्टम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय शासन स्तर से महत्वपूर्ण प्रकरणों में गोपनीय जांच के बजाय खुली जांच एवं एफआरआई हो मुख्यमंत्री ने विभागों दवारा विभिन्न प्रकरणों में लम्बी अवधि के बाद जांच विजिलेंस को देने पर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि यदि विभाग को प्रकरण विजिलेंस को ट्रांसफर करना है तो यह कार्यवाही एक साल के अन्दर पूर्ण की जाय बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्याधीन कार्यरत कर्मचारियों को हर साल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जाय साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम को मजबूत बनाया जाय वहीं लॉ एवं आर्डर की दृष्टि से द्ष्प्रचार करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्व कार्रवाई की जाय मौसम विभाग मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अर्लट के बाद देहरादून जिलाधिकारी डॉआशीष श्रीवास्तव ने जिले में हाई अलर्ट घोषित किया है उन्होंने बताया कि देहरादून शहर में ज्यादा सतर्कता बरतते हए नगर निगम पीडब्ल्यूडी सिंचाई स्वास्थ्य पेयजल समेत कई विभागों को अलर्ट कर दिया गया है वहीं लो लाइन एरिया में लोगों को सचेत भी किया जा रहा है इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर शिफ्टिंग की तैयारी भी जिला प्रशासन की ओर से की गई है

साथ ही इन स्थानों पर सोशल डिस्टॅसिंग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए

कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इसके आयोजन को अन्मति नही दी है बग्वाल का आयोजन हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है

हांलाकि प्रशासन का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं की रस्म अदायगी हर वर्ष की तरह पूरी की जायेगी

वहीं भीड़ के प्रबंधन के लिए इसबार ऑनलाइन पूजा करवाने का भी प्रबंध किया जा रहा है